मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के विकास के लिए ठोस मॉडल तैयार करने के दिये निर्देश कहा पूर्वांचल में विकास और रोज़गार की हैं अपार संभावनाएं सीबीआई ने कल अवैध खनन मामले में बुलंदशहर के जिलाधिकारी सहित अन्य कई लोगों के ठिकानों पर मारे छापे केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की स्वीकृति दे दी है कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना के तहत आवासीय बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा प्रधानमंत्री सड़क योजना जो अटल जी के समय शुरू हई और बेहद लोकप्रिय योजना है उसकी तीसरे फेज का क्योंकि अभी सभी गांव जोडेंगे तो आगे कैसे और उसको करेंगे यह एक निर्णय हुआ और एक बहुत बड़ी लागत के आधार पर ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना का विस्तार हो रहा है इस योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में एक लाख पच्चीस हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है मंत्रिमंडल ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए संबंधित पोक्सो अधिनियम दो हजार बारह में संशोधन किए जाने का अनुमोदन कर दिया है इस कानून के तहत ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड सहित कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कानून में इस संशोधन से बच्चों के यौन शोषण में कमी आएगी पोक्सो कानून ज्यादा मजबूत बनाया जाए ताकि जो बालकों पर अमानवीय अत्याचार होता है ऐसे अत्याचार करने वाले को कडाई से सजा हो और सारा माहौल ऐसा तैयार करे कि इस तरह बच्चों के साथ कोई हरकत न करें

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटी से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को मंजूरी दे दी है केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इसका उद्देश्य राज्यों के बीच जल विवादों को तेजी से और क्शलतापूर्वक निपटाना है मंत्रिमंडल ने तेरह केंद्रीय श्रम कानूनों को एक नई श्रम संहिता में समाहित करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है प्रस्तावित कानून दस या उससे अधिक श्रमिकों वाली प्रतिष्ठानों पर लागू होगा केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी जन धन योजना के तहत खोले गये बैंक खातों में देश में जमा राशि एक लाख करोड़ रूपये को पार कर गयी है केन्द्र सरकार ने पांच वर्ष पहले इस योजना की शुरूआत की थी वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीस करोड़ छः लाख खातों में एक लाख चार सौ पंचान्नबे करोड़ से अधिक की धनराशि इस सप्ताह तक जमा हुई थी लाभार्थियों के खाते में जमा राशि लगातार बढ़ रही है इन खातों का उददेश्य देश के उन लोगों को बैंक सुविधायें देना है जो इससे वंचित थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोला गया खाता मूल बचत बैंक जमा खाता है इसके साथ रूपे डेबिट कार्ड और ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है इस खाते में न्यूनतम धनराशि रखने की जरूरत नहीं होती है अट्ठाईस अगस्त दो हजार अट्ठारह के बाद खोले गये खातों के लिए दुर्घटना बीमा एक लाख रूपये से बढ़ाकर दो लाख रूपये कर दी गयी है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में वित्तीय मजबूती लाने को वचनबद्व है केंद्रीय बजट दो हजार उन्नीसबीस पर लोकसभा में बहस का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि बजट में वित्तीय घाटा तीन दशमलव तीन प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है जबकि अंतरिम बजट में यह तीन दशमलव चार प्रतिशत था उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए सार्वजनिक खर्च को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है वित्त मंत्री ने आशा व्यक्त की कि सदन में अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर और अधिक ध्यान दिया जायेगा प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास कर रही है और इस कड़ी में हाल ही में किये गये प्रयासों के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थ नाथ सिंह ने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए नसबंदी अभियान चलाने गर्भ निरोधक गोलियों की उपलब्यता सुनिश्चित करने जागरुकता अभियान चलाने और इसमें धर्मगुरुओं की मदद लेने के साथ ही सास बहू सम्मेलन भी करवाये जा रहे हैं जिसके तहत जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित किया जाता है उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने अपने पिछले दौरे में प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़े तेईस मानकों में सुधार के लिए चर्चा की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के विकास के लिए ठोस मॉडल तैयार करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि इस मॉडल में कृषि पर्यटन शिक्षा चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा निर्यात सहित अन्य बिन्दुओं पर बल दिया जाना चाहिए श्री योगी लखनऊ में पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में विकास और रोजगार की अपार संभावनाएं है इन संभावनाओं के दोहन के लिए योजनाबद्द तरीके से काम करना होगा सरकार पूर्वांचल के विकास के लिए कटिबद्द है मुख्यमंत्री ने बोर्ड के उपाध्यक्षों और सदस्यों को प्रोटोकाल के तहत सभी अनुमन्य सुविधायें तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये उन्होंने कहा कि बोर्ड पूर्वाचल के शिक्षाविदों के साथ बैठकर शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए विचार विमर्श कर कार्य योजना प्रस्तुत करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुंदेलखंड के सातों जनपदों झांसी ललितपुर जालौन चित्रकूट बांदा महोबा और हमीरपुर में पाईप के माध्यम से पेयजल और सिंचाई के लिए संबंधित योजनाओं की दिशा में शीघ्र काम शुरू हो जायेगा उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम भी अगले तीन चार महीनों में शुरू कर दिया जायेगा इन योजनाओं के प्रारम्भ हो जाने से बुंदेलखंड के विकास की तस्वीर बदल जायेगी श्री योगी बुंदेलखंड विकास बोर्ड की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने नियमित रूप से हर तीन महीने में बुंदेलखंड विकास बोर्ड की बैठक आयोजित कर उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

पहला मामला फतेहपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी अभय सिंह और अन्य तथा दूसरा मामला देवरिया के जिलाधिकारी विवेक के नाम दर्ज है जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय सिंह के ठिकानों से करीब सैंतालिस लाख रूपये नकद मिले हैं वे फतेहपुर के जिलाधिकारी रह चुके हैं देवरिया के तत्कालीन जिलाधिकारी देवीशरण उपाध्याय के ठिकाने से करीब दस लाख रूपये की नकदी मिली है छापेमारी कल सवेरे शुरू हुई राज्य में अवैध खनन की जांच कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अट्ठाईस जुलाई दो हजार सोलह के निर्देश पर सी बी आई ने सात प्रारम्भिक जांच शुरू की थी इससे पहले सी बी आई ने जनवरी माह में आई ए एस अधिकारी और हमीरपुर जनपद की जिलाधिकारी रही सुश्री चंद्रकला के लखनऊ आवास पर छापेमारी की थी केन्द्र सरकार किसानों को खेती के लिए सक्सिडी वाले उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक फैक्टरियों को काफी रियायतें दे रही है

इस अवसर पर रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत सात लाख करोड़ रूपये लाभार्थियों को वितरित किये हैं

उसमें से सरकार को एक लाख करोड़ की बचत हुई जो लाभार्थी नहीं थे उसके जेब में चले जाते थे

राज्य में पिछले तीन चार दिनों से पहले ही भारी वर्षा हो रही है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मॉनसून की मौजूदा बारिश किसानों के लिए सोना बनकर आई है मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर शनिवार तक भारी वर्षा तथा शुक्रवार तक कई स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है